उन्होंने कहा कि इससे वहां के लोगों को देश के अन्य भागों के नागरिकों की तरह अधिकार सुविधाए और विशेषाधिकार मिलेंगे इन सुविधाओं में शिक्षा के अधिकार से संबंधित प्रगतिशील समतावादी कानून और प्रावधान सूचना के अधिकार के माध्यम से सार्वजनिक सूचना शिक्षा और रोजगार में आरक्षण और पारंपरिक रुप से वंचित समुदाय के लिए सुविधायें और एक बार में तीन तलाक जैसी असमान कुरीतियों की समाप्ति से बेटियों के लिए न्याय शामिल हैं तिहत्तरवें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र को संबोधन में राष्ट्रपति ने कहा कि भारत एक बहुत ही विशेष मोड़ पर अपनी आजादी के बहत्तर वर्ष पूरे कर रहा है श्री कोविंद ने कहा कि देश को आजादी दिलाने वाली महान पीढ़ी ने केवल राजनितिक अधिकार का स्थानातंरण नहीं सोचा था बल्कि उन्होंने इसे राष्ट्र निर्माण और राष्ट्रीय एकता की दूरगामी और व्यापक प्रक्रिया की ओर बढ़ता कदम माना था श्री कोविंद ने हाल में संपन्न संसदीय सत्र पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि दोनों सदनों में कई महत्वपूर्ण विधेयक पारित किये गये और सभी दलों की ओर से सहयोग मिला तथा मुद्दों पर सकारात्मक चर्चा की गयी उन्होंने कहा कि भारत हमेशा जीओ और जीने दो के सिद्धांत को मानता रहा है जहां लोग क्षेत्र भाषा अथवा आस्तिकता या नास्तिकता के भेदभाव से ऊपर उठकर एक द्रसरे की पहचान का सम्मान करते रहे है उन्होंने यह भी कहा कि भारत का इतिहास नियति धरोहर और उसका भविष्य सभी में सह अस्तित्व सुलह सफाई और मेलजोल का आधार है देश के युवाओं के बारे में श्री कोविंद ने कहा कि हम युवाओं और भावी पीढियों को जो सबसे बड़ा उपहार दे सकते हैं वह उन्हें प्रोत्साहित करना तथा उन्हें शिक्षा की कक्षाओं में जिज्ञासु बनाना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि एनडीए सरकार की शुरु के पचहत्तर दिनों की उपलब्धियां उसके पिछले पांच वर्ष के दौरान किए गए काम के आधार पर ही प्राप्त की जा सकी हैं एक समाचार एजेंसी को दिए गए साक्षात्कार में उन्होंने कहा कि पिछले पांच वर्षो के दौरान किए गए सैंकड़ों सुधारों से लोगों की इस धारणा को मजबूती मिली है कि देश आगे बढ़ रहा है प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार अभूतपूर्व गति से काम कर रही है और सही और स्पष्ट नीतियों से बहुत कुछ हासिल हुआ है उन्होंने कहा कि इस सरकार ने यह दिखा दिया है कि लोगों के अपार जनसमर्थन से क्या कुछ हासिल किया जा सकता है

राष्ट्र कल तिहत्तरवां स्वंत्रता दिवस मना रहा है अरुणाचल प्रदेश में स्वंत्रता दिवस का मुख्य समारोह ईटानगर के आई जी पार्क में आयोजित किया जाएगा मुख्यमंत्री पेमा खांडू राष्ट्रीय ध्वज को फहराया और परेड की सलामी लेंगे स्वंत्रता दिवस के अवसर पर राजधानी क्षेत्र में सुरक्षा बढ़ा दी गई है मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने प्रदेशवासियों को तिहत्तरवें स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी है अपने संदेश में उन्होंने कहा है कि सरकार ने पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए लालफीताशिही और भ्रष्टाचार को समाप्त करने के अलावा कई महत्वपूर्ण कदम उठाये है उन्होंने कहा कि निचले स्तर से योजना का निर्माण सरकार का मुख्य एजेंडा और इसके लिए जिला विकास समिति के माध्यम से जिलों आवश्यकता अनुसार विशेष योजना तैयार करने का अधिकार दिया गया है

श्री खांडू ने कहा कि केंद्र सरकार ने संसद में भी विशेष रुप से पूर्वोत्तर राज्य्के लोगों को यह आश्वासन दिया है आवास और शहरी कार्य मंत्री हरदीप सिंह पूरी ने कहा है कि स्वच्छ भात अभियान जनता की सक्रिय भागीदारी से एक जनांदोलन बन गया है आज नई दिल्ली में स्वच्छ सर्वेक्षण लीग दो हजार बीस का शुभारंभ करते हुए उन्होंने कहा कि दो हजार चौदह में जो काम एक सरकारी परियोजना के रुप में शुरु हुआ वह आज एक जनांदोलन बन गया है और इससे व्यवशार परिवर्तन के जरिए स्वच्छ भारत की परिकल्पना को साकार करने में मदद मिली है पांचवां वार्षिक स्वच्छता सर्वेक्षण अभियान अगले वर्ष जनवरी में शुरु होगा श्री पूरी ने कहा कि सर्वेक्षण का उद्देश्य समग्र स्वच्छता की अवधारणा को सभी शहरों में संस्थागत रुप देना है सियांग जिला प्रशासन ने बोलेंग में कल जिले के लिए स्टूडेंट पुलिस कैडेट का शुभारंभ किया उद्घाटन समारोह में भाग लेते हुए पांगिंग विधायक ओजिंग तायेंग ने छात्र कैडटों से समाज में सुधार और पर्यावरण की सुरक्षा के प्रति कार्य करने का आह्वान किया